सत्र के सातवें दिन आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य शासकीय और विधायी कार्य निपटाए जाएंगे

आयकर अधिकारियों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरे जाने से साफ है कि लोग आयकर कानून का पालन कर रहे हैं और ये सरकारी वित्त व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है सैटेलाइट केन्द्र ऊना ज़िले में पांच सौ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले पीजीआई सैटेलाइट केन्द्र का कल पीजीआई की एक टीम ने जायज़ा लिया डॉक्टर आरकेसहगल के नेतृत्व में इस टीम ने केन्द्र में कार्यो और व्यवस्थाओं का मुआयना किया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयोग का उददेश्य महिलाओं का उत्पीड़न व घरेलू हिंसा को रोकने के साथ साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है डेजी ठाक्र ने कहा कि पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत आयोग के फोन नम्बरों सदस्यों के मोबाइल या ऑनलाईन आयोग की वैबसाईट ई मेल और पत्र लिखकर कर सकती हैं मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने का भी समाचार है राजधानी शिमला में भी आज ध्रंध के साथ बादल छाए हए हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबर को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में फरवरी से शुरू होगी किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा दैनिक जागरण के शब्द हैं आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा जल्द हिमाचल दस्तक की सुर्खी है आईजीएमसी में अगले साल से किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा पंजाब केसरी का शीर्षक है सदन में गूंजा अवैध खनन मामला पठानिया बोले माफिया से मिले हुए हैं पुलिस और विभाग के लोग दैनिक भास्कर के अनुसार प्रदेश के सभी शहरों के लिए एक साथ बनेगी सीवरेज योजना आईपीएच व शहरी विकास विभाग मिलकर बनाएंगे प्लान दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है केंद्र प्रायोजित दो प्रोजेक्टों में हजारों को मिलेगा स्वरोजगार जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अनिल शर्मा बोलते रह गए विपक्ष ने किया वाकआउट पूर्व मुख्यमंत्री के अस्पताल में भर्ती होने को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है सीने में दर्द पर वीरभद्र आईजीएमसी में भर्ती दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी के लगभग एक जैसे शब्द हैं पूर्व सीएम वीरभद्र को सांस लेने में तकलीफ आईजीएमसी में भर्ती अजीत समाचार ने लिखा है वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में दाखिल जूनियर ऑफिस एसीस्टेंट भर्ती मामले पर हाईकोर्ट के हवाले से पंजाब केसरी का शीर्षक है केवल भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप ही होगी नियुक्ति हिमाचल दस्तक के अनुसार अवैध भवनों का रिकॉर्ड गायब हाईकोर्ट हैरान अमर उजाला की सुर्खी है घूस लेने के मामले में ऐ सी जे एम के खिलाफ चलेगा मुकदमा इसी पत्र के अनुसार हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट आर एंड पी के तहत ही की जाए जे ओ ए भर्ती लोक सेवा आयोग और बोर्ड राज्य भर में करेंगे कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां दैनिक भास्कर की खबर है हिमाचल दस्तक के अनुसार आरक्षण रोस्टर में फंसी एस एम सी भर्ती

इसी पत्र ने एशियन गेम्स में जिनसन जॉनसन के गोल्ड जीतने पर सुर्खी दी है धर्मशाला में बहाया पसीना फिर बना सोना अटल जी की अस्थियां सतलुज में विसर्जित सैकड़ों लोगों ने दी पूर्व पीएम को पुष्पाजंलि अजीत समाचार की खबर है

दैनिक जागरण के अनुसार चिंतपूर्णी आएं होमगार्ड व पंडित के लिए पैसे जरूर लाएं अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय छुटिटयों का शैडयूल में लिखता है कि प्रदेश के स्कूलों के शैडयूल पर पुनर्विचार करने की जरूरत है अव्यवस्थित शैडयूल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए शीर्षक दिया है हर विधानसभा में पर्यटक गांव हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय ने शिक्षण संस्थानों में जंक फूड पर लगे प्रतिबंध पर कोई कार्रवाई न होने पर टिप्पणी की है शीर्षक है छात्रों की सेहत को लेकर सुस्ती क्यों